शाम पांच बजे तक होगा मतदान

इस चरण के लिए एक हजार चार सौ ग्यारह प्रत्याशियों ने दाखिल किये हैं नामांकन के पर्चे

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मतदान की प्रक्रिया शाम पांच बजे तक चलेगी विधान परिषद की जिन सीटों के लिए मतदान हो रहा है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उनसठ प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैंतालीस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं श्री सिंह ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ नवासी है वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चालीस हजार चार सौ तेरह मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे उन्होंने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए छह सौ तैंतीस और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तीन सौ चालीस ब्रथ बनाये गये हैं मतदान केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है श्री सिंह ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के दायें हाथ की तर्जनी में तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के दायें हाथ की मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही लगायी जा रही है अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गयी है और हरेक ब्रथ पर फोटोग्राफी की भी व्यवस्था है वहीं कोविड से बचाव के लिए हर बूथ पर तय मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी हैं चुनाव आयोग ने विधान परिषद चुनाव के लिए हेल्पलाईन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ जारी किया है मतदाता इस नम्बर पर कॉल कर चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं मतों की गिनती बारह नवम्बर को होगी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं इस सिलसिले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मोतिहारी मढ़ौरा और दरियापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया अपने पन्द्रह वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि बिहार को सक्षम और स्वाबलंबी बनाने उनका एकमात्र उद्देश्य है जदयू अध्यक्ष आज दरौंदा पारू मीनापूर हसनपूर और विभूतिपूर में पांच जनसभाओं को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहलगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया श्री सिंह ने बेहतर शासन के लिए लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की श्री सिंह आज बाढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोहतास औरंगाबाद जहानाबाद और पटना जिले में चूनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि सरकार के पास न तो कोई मिशन है और न ही कोई विजन श्री यादव आज कैमूर बक्सर भोजपुर और पटना जिले में बारह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पालीगंज और अतरी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया श्री पासवान ने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए लोगों से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की श्री पासवान आज शेखपुरा और जमुई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवहा ने कुदरा और रामगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए जदयू और राजद के शासनकाल को बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने कल औरंगाबाद के क्ट्म्बा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मसौढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने टिकारी में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष प्रष्पमा प्रिया चौधरी ने नवादा रोहतास और गया जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी से भाजपा का कोई समझौता नहीं है नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गया में संवाददाताओं से बातचीत में राजद पर युवाओं को दस लाख नौकरी देने के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया सात नम्बर को अठहत्तर विधान सभा सीटों पर होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम जारी है इस चरण के लिए एक हजार चार सौ ग्यारह प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है विभिन्न जिलों के निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक बीस से अधिक प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तेईस अक्टूबर तक निर्धारित है

और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार तीनों सीटों पर कुल पैंतीस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं

आकारायाणी समायार के लिए जहानाबाद से मंद्रभूष्ण कुमार भारतीय जनता पार्टी आज अपना चूनावी घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी की वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पटना में घोषणा पत्र जारी करेंगी राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ रमण जदयू में शामिल हो गये हैं पटना उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को किसी निजी भवन पर मकान मालिक की सहमति से चूनावी होर्डिंग लगाने की छूट दे दी है एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आश्रतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश सुनाया शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी का फैसला किया है इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को एक दस सीटों वाला हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर बिहार पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों के उपयोग के लिए सौंपा जायेगा भाजपा के स्टार प्रचारक राजीव प्रताप रूढ़ी और शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित पाये गये हैं ये दोनों अपने दिल्ली स्थित आवास पर होम क्वारंटीन हैं इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडेय भी सर्दी ब्रखार से पीड़ित हैं श्री मोदी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आयी है दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विजेन्द्र चौधरी भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख छियानवे हजार दो सौ आठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव दो दो प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार दस है जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक एक हजार उन्नीस लोगों की मौत हो चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कल पीएमसीएच और एनएमसीएच के कोविड विभागों का निरीक्षण किया और स्थिति की समीक्षा की टीम के सदस्यों ने कोविड वार्ड में एक ही जगह पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड डायलिसिस और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होने पर संतोष व्यक्त किया है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने एक ट्रेन से डेढ़ किलोग्राम मादक पदार्थ हेरोईन के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद हेरोईन का बाजार मूल्य लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये है गिरफ्तार महिला असम के दीमापुर से हेरोईन की यह खेप लेकर पटना आ रही थी मामले की जांच जारी है शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दूर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इनकी आराधना से रोग शोक और संताप का हरण होता है इधर बांगला पद्धति के अनुसार पूजा होने वाले स्थानों पर आज मां भगवती का पट खुल जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत सभी समाचार पत्रों ने विधान सभा चुनाव से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रचार में सामाजिक द्री की अनदेखी पर चुनाव आयोग सख्त दैनिक भास्कर ने भी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से कोरोना फैलने के खतरे को अपनी पहली खबर बनाया है दैनिक जागरण ने चूनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाये गये मुद्दों से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है नौकरी और पगार में उलझी सियासत प्रभात खबर की सुर्खी है तीस लाख सड़सठ हजार केन्द्रीय कर्मियों को मिलेगा बोनस आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने विधान परिषद चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

शाम पांच बजे तक होगा मतदान

इस चरण के लिए एक हजार चार सौ ग्यारह प्रत्याशियों ने दाखिल किये हैं नामांकन के पर्चे